प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जन्म दिवस को सेवा सप्ताह के रूप में मनाएगी भाजपा मण्डल स्तर तक होंगे कार्यक्रम धर्मशाला में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पहले टी ट्वेंटी क्रिकेट मैच में बारिश बनी बाधा परमार केन्द्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना के एक साल पूरा होने पर राज्य सरकार ने एक जागरूकता पखवाड़ा शुरू किया है

एक सवाल पर विपिन परमार ने कहा कि आईजीएमसी शिमला के ऑर्थो विभाग में महंगी किट खरीदने की शिकायत को लेकर सरकार गम्भीर है और मामले की जांच के लिए विशेष ऑडिट करवाया जा रहा है

उन्होंने टाउन हॉल के प्रत्येक कमरे का अवलोकन कर पार्षदों से इस भवन का उचित उपयोग करने को लेकर विचार विमर्श किया मुख्यमंत्री ने रिज मैदान के समीप धंस रहे स्थल का भी निरीक्षण किया और इसके जल्द सुधार के निर्देश दिए इस बीच नगर निगम शिमला के पार्षदों के एक प्रतिनिधिमण्डल ने महापौर कुसुम सदरेट की अध्यक्षता में ओक ओवर में मुख्यमंत्री से भेंट की प्रतिनिधिमण्डल ने टाउन हॉल भवन के जीर्णोद्वार के बाद इसे नगर निगम को देने के लिए आभार जताया महोत्सव हिमाचल मण्डी जनकल्याण सभा ने आज नई दिल्ली में सायर महोत्सव व हिमाचली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया मुख्यमंत्री जयराम ठाकर ने शिमला से ही वीडियो कॉनफ्रेंसिंग के जरिए समारोह में मौजूद लोगों को सायर महोत्सव की बधाई दी उन्होंने कहा कि राज्य सरकार लोगों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है समारोह की अध्यक्षता करते हुए सांसद राम स्वरूप शर्मा ने कहा कि नई दिल्ली में हिमाचली समुदाय प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है जीएसटी जीएसटी नेटवर्क ने नए व्यापारियों के लिए अगले वर्ष जनवरी से आधार सत्यापन अनिवार्य कर दिया है इसका उद्देश्य वस्तु और सेवाकर में गड़बड़ियों को रोकना है भारद्वाज सिरमौर जिले में पांवटा क्षेत्र के नघेता में राजकीय विद्यालय के अतिरिक्त भवन की शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने आज आधारशिला रखी

सुरेश भारद्वाज ने बताया कि सरकार नई शिक्षा नीति के तहत आंगनबाड़ी प्री प्राइमरी व प्राइमरी स्कूल को एक ही स्थान पर चलाने को लेकर विचार कर रही है

सैजल हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना के तहत सोलन जिले के धर्मपुर में आज मुफ्त गैस कनेक्शन बांटे गए

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री उज्जवला योजना और गृहिणी सुविधा योजना से महिला सशक्तिकरण की दिशा में मदद मिली है राजीव सैजल ने जन समस्याएं भी सुनीं और अधिकारियों को इनके निपटारे के निर्देश दिए

इसके माध्यम से प्रदेश के लोगों की शिकायतें दर्ज कर उन्हें समाधान के लिए संबंधित विभागों को भेजा जाएगा लोग टोल फ्री नम्बर एक एक शून्य शून्य पर कॉल कर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकेंगे

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने कहा कि प्रधानमंत्री के जन्म दिवस के मौके पर प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में सेवा सप्ताह मनाया जाएगा उन्होंने कहा कि इस दौरान आर्थिक व सामाजिक दृष्टि से कमजोर वर्गों को केन्द्र व राज्य सरकार की योजनाओं से जोड़ने के प्रयास किए जाएंगे इधर पार्टी उपाध्यक्ष गणेश दत्त ने बताया कि सेवा कार्यक्रमों के लिए चारों संसदीय क्षेत्रों में प्रभारी व संयोजक नियुक्त किए गए हैं

उन्होंने कहा कि संविधान देश के प्रत्येक नागरिक को न्याय प्राप्ति का समान अवसर प्रदान करता है

इसे अभियन्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है विश्वेश्वरैया को आध्निक भारत के विश्वकर्मा के रूप में जाना जाता है मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने अभियंता दिवस पर लोगों विशेषकर अभियंताओं को बधाई दी है इंजीनियर दिवस के मौके पर शिमला में लोक निर्माण विभाग ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया विभाग के इंजीनियर इन चीफ राजकुमार वर्मा ने इंजीनियर को समाज की रीढ़ बताया और कहा कि देश व प्रदेश की अधोसंरचना निर्माण में वे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं क्रिकेट मैच भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच धर्मशाला में खेला जाने वाला पहला टी ट्वेंटी क्रिकेट मैच वर्षा के चलते फिलहाल शुरू नहीं हो पाया है जानकारी के अनुसार धर्मशाला में दोपहर बाद से रूक रूक कर वर्षा हो रही है और खबर लिखे जाने तक भी वर्षा जारी है दोनों देशों के बीच तीन टी ट्वेंटी मुकाबलों के अलावा तीन टैस्ट मैच खेले जाने हैं फुटबॉल विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने युवाओं से नशे से दूर रहने और अपनी ऊर्जा राष्ट्र निर्माण में लगाने का आहवान किया है नाहन में आज एक फुटबॉल प्रतियोगिता के समापन पर उन्होंने कहा कि युवा समाज में फैली बुराईयों को समाप्त करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं राजीव बिंदल ने कहा कि नाहन चौगान को खिलाड़ियों और स्थानीय लोगों की ज़रूरत के अनुसार विकसित करने की योजना है